नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जोगबनी बिराटनगर एकीकृत चौकी का संयुक्त रूप से उदघाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी पहले उनकी सरकार की मुख्य नीति है और सीमा पार सम्पर्क में सुधार करना इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सभी मित्र देशों के साथ बेहतर परिवहन सुविधा विकसित करने और व्यापार संस्कृति तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नेपाल में सड़क रेल और ट्रांसमिशन लाइन जैसी सम्पर्क परियोजनाओं पर काम कर रहा है उन्होंने यह भी कहा कि भारत और नेपाल के बीच प्रमुख सीमा स्थानों पर एकीकृत चौकियां बडे पैमाने पर आपसी व्यापार और आवागमन की सुविधा प्रदान कर रही हैं जोगबनी विराटनगर में दसरी एकीकृत चौकी व्यापार और लोगों के आवागमन को सविधाजनक बनाने के लिए भारतीय सहायता से बनाई गई है नेपाल में दो हजार पन्द्रह में आये भूकंप का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उस समय भारत ने राहत और बचाव कार्यों में पहल करने वाले देश की भूमिका निभाई और अब यह पुनर्निर्माण के लिए पड़ोसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खडा है नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने अपने सम्बोधन में भारत के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि दोनों देशों में स्थिर और बहुमत वाली सरकार का होना एक महत्वपूर्ण स्थिति है और उनकी सरकार भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है

नागरिकता संशोधन कानन के समर्थन में आज लखनऊ में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए श्री गाह ने विपक्षी दलों विशे ाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अपने राजनीतिक हितों के लिए नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया श्री ाह ने कहा कि नागरिकता कानून किसी के विरोध में नहीं है उन्होंने कहा कि यह कानून पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून है और इसमें किसी भी भारतीय की नागरिकता वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देश के विमाजन के समय कहा था कि पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक जब चाहें भारत लौट सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने कश्मीर से धारा तीन सौ सत्तर को समाप्त करने का भी जिक किया और कहा कि ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को सुधारा है

उन्होंने यह भी कहा कि अगले तीन माह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जायेगा रैली को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को विरोध के नाम पर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हो रहे धरना प्रदर्शन विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित हैं उन्होंने कहा कि देश के लोग सच जान चुर्के हैं और वे नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में हैं रैली में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित थे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह दायित्व है कि वह रा ट्रीय हित में संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानून का सम्मान करे अयोध्या के दौरे पर आए श्री खान ने आज नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कहा कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने के बाद किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं है कि र्वे कानून को लागू नहीं करेंगे श्री खान आज अयोध्या में अवध विश्वविद्यालय में भगवान श्रीराम पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आए थे गोण्डा में घाघरा नदी में आज एक नाव पलटने से हुई दूर्घटना में ग्यारह लोगों के डूबने की आशंका है पुलिस के अनुसार दुर्घटना तरबगंज तहसील क्षेत्र के उमरीबेगम गंज इलाके में उस समय हुई जब नदी पार करते समय नाव पीपे के पुल से टकराकर पलट गयी पुलिस के अनुसार नाव पर पच्चीस लोग सवार थे जिनमें से चौदह को सुरक्षित बचा लिया गया गोताखोर अन्य की तलाश में जुटे हैं पुलिस ने बताया कि नाव में सवार लोग पास के ऐली परसौली गांव के निवासी थे अमेठी में कल रात एक सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गयी और एक अन्य घायल हो गया दुर्घटना गौरीगंज अमेठी मार्ग पर बारहमासी कस्बे के पास एक कार और ट्रक की आमने सामने से टकरा जाने के कारण हुयी दुर्घटना में कार सवार छः लोगों में से पांच की मौके पर ही मृत्यु हो गयी जबकि एक अन्य घायल को इलाज के लिये लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है